विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रवासी भारतीयों विशेष रूप से दृनिया के विभिन्न भागों से आए युवाओं को संबोधित करते हए उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया उन्होंने कहा कि जो लोग भारत में काम करना चाहते हैं उन्हें देश आजकल असीमित अवसर प्रदान करता है श्रीमती स्वराज ने कहा कि प्रवासी भारतीयों और देशवासियों की साझा पहचान ही उनकी शक्ति है आज के हमारे सम्मानित अतिथि चौथी बार के चुने हए सांसद श्री कवंलजीत सिंह बख्शी और भारत से और विदेश के अनेक देशों से आए हए मेरे बहत ही नौजवान साथियों पी वी डी में भाग लेने के लिए हमारे पास आए हैं और जिन्होंने हमें एक यंग सांसद नोर्वे से दिया है

सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन राठौड़ ने प्रवासी भारतीयों के बीच बड़ी संख्या में उपस्थित युवाओं का स्वागत करते हए कहा कि नए भारत के निर्माण में देश प्रवासियों का समर्थन चाहता है श्री राठौड़ ने कहा कि प्रवासी भारतीय देश के सबसे बड़े दूत हैं अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए आपने कदम उठाया होगा या आपके पूर्वजों ने कदम उठाया होगा उसमें बहुत ताकत है उसमें एक स्वार्थ की ताकत है स्वामिमान की ताकत है कृष्ठ बदलने की ताकत आपने अपनी पहचान वहां पर बनाई एक आइडेंटिटी आपने अपनी वहां क्रिएट करी और आज जो आप वहां से यहां आए हैं उसमें भी बहुत ताकत है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सत्ता संभालने के बाद उन्होंने राज्य में निवेश के परिदृश्य में बहत परिवर्तन लाने का प्रयास किया उन्होंने प्रवासी भारतीयों को अपनी पिछली पीढियों के राज्य में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया मुख्यमंत्री ने कहा मानवता के सबसे बड़े अध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम प्रयागराज क्म में जाने का अवसर भी हम सबको प्राप्त होगा तमाम देशों में आप सबने अपनी प्रतिभा को लोहा मनवाया है अपनी प्रतिभा के माध्यम से लोगों को एक नई दिशा दी उससे न केवल आपको न सम्मान मिला है बल्कि आपके सम्मान के साथ पूरे देश का सम्मान जुड़ जाता है भारत का सम्मान भी उसके साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है यवा प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि थे न्यूजीलैंड के सांसद कवल जीत सिंह बक्शी और नार्वे के सांसद हिमांश गुलाटी इस अवसर पर विदेश राज्यमंत्री सेवानिवृत्त जनरल वी के सिंह भी उपस्थित थे प्रवासी भारतीय दिवस दो हजार उन्नीस का विषय है नव भारत के निर्माण में भारतीय प्रवासियों की भूमिका तीन दिन के कार्यक्रम के दौरान भारतीय मूल के विश्व के कई नेता भारतीय प्रवासियों की भूमिका के बारे में अपने विचार प्रकट करेंगे व्यौरा हमारे संवाददाता से पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि इस बार प्रवासी भारतीय सम्मलेन दो दिनों नहीं बल्कि छह दिनों का हो गया है क्योंकि कुम्म और गणतंत्र दिवस की परेड भी अब इसका हिस्सा बन गई है

बड़ी संख्या में प्रवासी दीनदयाल होस्पिटल और संकृत में लगी प्रदर्शनी को देखते हए भी नजर आए सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार वाराणसी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रवासी भारतीय दिवस का कल औपचारिक रूप से उदघाटन करेंगे मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविन्द क्मार जगनॉत इस अक्सर पर मुख्य अतिथि होंगे ब्धवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समापन भाषण देंगे और प्रवासी भारतीय सम्मान प्रस्कार प्रदान करेंगे

मेला प्रशासन ने बताया कि अब तक एक करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया है पौष पूर्णिमा से एक महीने के कल्पवास की शुरूआत होती है और इसे कुंम का दुसरा महत्वपूर्ण स्नान माना जाता है एक रिपोर्ट लाखों की संख्या में श्रद्वालु और कल्पवासी आज संगम तट पर डुबकी लगा रहे हैं आकाशवाणी से बातचीत में पंडित संजय मिश्रा ने पौष पुर्णिमा के स्नान के महत्व को विस्तार से बताया प्रयाग में हर वर्ष जो माघ मेला लगता है उसके अनुसार जो एक महीने का कल्पवासियों का वर्त पूजन जो शुरू होता है वो मेन पूर्णिमा के दिन से पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक चलता है

हवाई से आये गुलाब सिंह ने कहा कि ये कुम्म दिव्य है यहां तो स्वर्ग ही स्वर्ग है मानो अमृत तो बरस रहा है बड़ी खुशी है आत्मा से बहुत खुश हैं गुजरात के संजय ने कहा कि ये कुम्म सचमुच बहुत भव्य है बढिया व्यवस्था है यहां लाइट की सुविधा पुरी है यहां पानी की सुविधा पूरी है त्रिवेणी संगम में स्नान सभी का जो करवाते हैं सब सुविधा अच्छी तरह से करवाते हैं

उन्चास दिन तक चलने वाला कुंभ मेला पिछले सप्ताह मंगलवार को शुरू हुआ और चार मार्च को समाप्त होगा